मुख्य सचिव ने परिवहन तथा पुलिस विभाग द्वारा की जाने वाली वाहनों की जांच की समीक्षा की तथा चालान करने की प्रक्रिया को सख्त बनाने के निर्देश दिए

मत्स्य बीज भारतीय मेजर कार्प की उन्नत प्रजाति जयंती रोहू का हिमाचल में पहली बार सफल प्रजनन किया गया है मत्स्य विभाग के निदेशक सतपाल मैहता ने बताया कि मत्स्य बीज फार्म नालागढ़ में ये प्रजनन करवाया गया है

सतपाल मैहता ने कहा कि हिमाचल में मछली की इस प्रजाति का बीज तैयार होने से मछली उत्पादकों को कम दामों पर करीब दो माह बाद ये बीज मिल सकेगा अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश में निवेश के लिए माहौल तैयार करना बेहद जरूरी है एक बयान में उन्होंने कहा कि केन्द्र से औद्योगिक पैकेज लाने के लिए कांग्रेस राज्य सरकार के साथ है

अग्निहोत्री ने कहा कि औद्योगिक निवेश में युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा जाना चाहिए बीपीएल मंडी जिला प्रशासन ने मानवीय पहल करते हुए कैंसर किडनी रोगियों एकल महिलाओं व दिव्यांगों को बीपीएल सूची में दर्ज करने की विशेष कवायद शुरू की है उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि जिले भर से डाटा इकट्ठा कर चार श्रेणियों के परिवारों की सूची बनाई गई है और जुलाई माह में होने वाली ग्राम सभा की बैठकों में बीपीएल परिवारों की सूचियों की समीक्षा की जाएगी हाईवे चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर मंडी जिला के डयोड़ के पास फोरलेन निर्माण की कटिंग के चलते पहाड़ी दरकने का खतरा बना हुआ है जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इस स्थान पर सैंसर व फ्लड लाईटे लगाने का फैसला लिया है ताकि किसी भी संभावित खतरे का पता चल सके डयोड़ के पास पहाड़ी दरकने से तीन परिवार बेघर हो गए हैं प्रभावित लोगों ने सरकार से उचित व्यवस्था और मुआवजे की गुहार लगाई है दुर्घटना चम्बा जिला में सिहुंता द्रमण सड़क पर हटली के समीप कल रात एक कार के अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं चंबा से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि ये वाहन सिहंता से हटली की तरफ आ रहा था घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल शाहपुर भेजा गया दोनों मृतक हटली क्षेत्र के रहने वाले थे एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज लगभग सभी समाचार पत्रों ने किन्नर कैलाश यात्रा से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला का शीर्षक है किन्नर कैलाश यात्रा पर बिना अनुमति गए दो युवकों की मौत तीन सुरक्षित निकाले

मुख्यमंत्री के दुबई दौरे से जुड़ी खबर को पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है प्रवासी भारतीयों से हिमाचल में निवेश का आग्रह अजीत समाचार का कहना है निवेशकों को आकर्षित करने हेतु दुबई में रोड शो आयोजित आपका फैसला ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है हिमाचल में निवेश के लिए अपार संभावनाएं आयुर्वेद विभाग में मशीनों की खरीद में हुए गड़बड़झाले पर दैनिक जागरण लिखता है दुबई से जयराम का फोन आया सचिवालय पहुंचे परमार

विश्व से विलुप्त चंबा सेकेड लंगूर की प्रजाति मिलने पर अमर उजाला का कहना है चंबा वैली में मिले प्रमाण दूसरे किसी भी वन्य प्राणी क्षेत्र में नहीं हैं ये लंगूर